प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा

मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि मामले को सुनने के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जायेगा

इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा समूह के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका से मध्यप्रदेश में ऑटोमोबाईल कृषि उपकरण सिंचाई और एग्रो केमिकल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की थी बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार एवं कमर्शियल वाहनों की निर्माण इकाईयों में निवेश के बारे में भी बातचीत की गई

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों संभागायुक्तों कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं

इसके अतिरिक्त गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदाय की जाती हैं जिसकी निरन्तरता एवं अतिकम वजन वाले बच्चों की विशेष देखभाल की जाती है

ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये प्रस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं

महिला ज्ञानालय टीकमगढ़ जिले में महिला शिक्षा को बढाने के उद्देश्य से महिला ज्ञानालय खोले जा रहे है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव विनोद कुमार ने कल जिले के अहार ग्राम में पहले महिला ज्ञानालय का श्भारंभ किया नन्ही परी योजना के तहत गांव में जन्मी तीन नन्ही बालिकाओं एवं उनकी माताओं को ज्ञानालय में फल देकर सम्मानित किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें महिलाओं को पढ़ने के लिये प्रस्तकें और लिखना सिखने के लिये स्लेट आदि सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी

इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए यह प्रदर्शन राजगढ़ जिला प्रशासन द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा द्वारा निकाली गई रैली में दुर्व्यवहार के विरोध में किया था इस मामले में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की याचिका पर राज्य शासन और राजगढ़ कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार हफ़ते में जवाब मांगा है उधर प्रदेश कांग्रेस ने आज भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री बद्गीलाल यादव द्वारा दिये गये बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया है बेटी पढाओ सप्ताह अशोकनगर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इसी के तहत आज कलेक्टर डॉमंजू शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेटी के जन्म पर खुशी एवं उत्सव मनाने लेडकियों में भेदभाव नहीं करने और बेटियों को पढाने का संकल्प दिलाया इसके साथ ही बेटियों के प्रति समाज को जागरूक करने तथा बेटियों के प्रति सौहाई पूर्ण समरसता का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है

वहीं सीहोर जिले में भी यह सप्ताह आयोजित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए पदक विजेताओं को ँ बधाई दी है

मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए हैं वहीं कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही जिले में रूक रूककर बारिश हो रही है जिले में बारिश और ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है उंधर दमोह कटनी मंडला में भी बेमौसम बारिश से ठंड बढ़ गई है हालांकि खंडवा जिले में बादल छाने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है

मौसम विभाग ने रीवा सागर शहडोल भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में कल घना कोहरा छाने की संभावना जताई है

मंदसौर में आज जन संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने तालाब और गौशाला का लोकार्पण किया

वहीं खंडवा में रक्तदान शिविर आयोजित किया जायेगा